केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में आयोजित पांच वर्ष का विजन दस्तावेज और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हए ये बात कही उन्होंने शिक्षा को न्यूज इंडिया की बुनियाद बताया निशंक ने कहा कि केंद्र और केंद्रशासित प्रदेश ज्यादातर विद्यालय खुद चलाते हैं और विजन दस्तावेज को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि देश की समृद्धि में विश्वसनीय पत्रकारिता की अहम भूमिका है सुरेश भारद्वाज आज शिमला में विश्व संवाद केन्द्र द्वारा नारद जयंती के मौके पर आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने पत्रकारों से देश व समाज के हित में रिर्पोटिंग करने का भी आहवान किया शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश की आजादी में मीडिया की अहम भूमिका रही है उन्होंने कहा कि विकट व आपातकालीन परिस्थितियों में पत्रकारों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता भारद्वाज ने कहा कि बदलते परिवेश में मीडिया कर्मियों को समन्वय स्थापित कर एक सशक्त समाज निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए पूर्व राज्यसभा सदस्य तरूण विजय ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे

इस मॉकड़िल की तैयारियों के सिलसिले में आज शिमला में टेबलटॉप बैठक का आयोजन किया गया प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ये मॉकड्रिल एक गंभीर अभ्यास होगा इसके दौरान किसी भी प्रकार की आपदा के लिए मानक संचालन प्रकिया तैयार करने और इसका परीक्षण करने में सहायता मिलेगी उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के दौरान आपदा के समय राज्य आपदा प्रबंधन योजना जिला आपदा प्रबंधन योजना और विभागीय स्तर की आपदा योजनाओं की क्षमता का भी पता चलेगा

इनमें आईजीएमसी एसडीए कॉम्पलैक्स रिज मैदान प्रदेश सचिवालय और प्रदेश विश्वविद्यालय शामिल है राकेश जम्वाल सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने आज जड़ोल में पशु चिकित्सालय का शुभारंभ किया उन्होंने इस मौके पर एक जनसमुह को संबोधित करते हुए कहा कि इस पशु चिकित्सालय के खुलने से क्षेत्र के लोगों को घर द्वार पर ही बेहतर पश् चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी उन्होंने जड़ोल में ही प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की

महिला कांग्रेस प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि पर चिंता जताई है उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं जैनब चंदेल आज शिमला में महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रही थी उन्होंने प्रदेश में युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन पर भी चिंता जताई और कहा कि महिला कांग्रेस नशे के खिलाफ जनजागरण अभियान शुरू करेगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और सदस्यता के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा अवैध कब्जे सोलन नगर परिषद ने आज रेलवे मार्ग पर हुए अवैध कब्जों को हटा दिया इस कार्य में नगर परिषद ने बुलडोजर का सहारा लिया इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किए गए थे नगर परिषद के अध्यक्ष देवेन्द्र ठाक्र ने कहा कि इस स्थान पर लोगों ने वर्षो से नाजायज तौर पर द्कानें बना रखी थी

इससे आने वाले समय में सोलन में पार्किंग की समस्या कुछ हद तक कम होगी देवेन्द्र ठाकुर ने ये भी कहा कि शहर में भविष्य में भी अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी

इस दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी जिसमें लम्बी दौड़ उंची कूद और लम्बी कूद जैस स्पर्धाएं शामिल हैं पुलिस अधीक्षक चंबा मोनिका भुटुंगुरू ने कहा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में उतीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की बाद में लिखित परीक्षा होगी